स्वास्थ विभाग के प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवई ने कहा कि सहयोग और संकल्प से ही इस महामारी पर विजय प्राप्त होगी स्वतंत्रता दिवस से इस अभियान की शुरूआत की जा रही है भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शपथ लेंगे साथ ही प्रत्येक जिला मुख्यालय में भी स्थानीय जन प्रतिनिधियों द्वारा शपथ ली जायेगी

इस अपील में स्थानीय खेल प्रतिभाओं कलाकारों एवं क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को जोड़ा जायेगा

नये संक्रमित होने वालों में पुलिस विभाग के एक दर्जन से अधिक लोग भी शामिल हैं

वेब पोर्टल पीएम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान वेब पोर्टल की शुरूआत करेंगे प्रत्यक्ष कर सुधारों की दिशा में सरकार के महत्वपूर्ण उपायों के अंतर्गत इस पोर्टल की शुरूआत वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी आय कर विभाग कोविड महामारी के दौरान करदाताओं के लिए अनुपालन आसान बनाने के प्रयासों के लिए प्रतिबद्ध है

हालांकि कोरोना संक्रमण के कारण श्रद्दालुओं को मंदिरों में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी अष्टमी तिथि दो दिनों तक होने के कारण कल भी कई स्थानों पर यह पर्व मनाया गया राजधानी भोपाल में जन्माष्टमी के अवसर पर लक्ष्मीनारायण मंदिर श्रीकृष्णप्रणामी गुफामंदिर के साथ साथ पटेलनगर में एस्कॉन मंदिर और अन्य मंदिरों में कृष्णजन्म की झांकिया सजाई गई है

श्री चौहान ने ट्वीट के माध्यम से कहा कि आइए हम सभी भगवान श्रीकृष्ण के द्वारा बताये गये कर्मयोग भक्तियोग और ज्ञानयोग को आत्मसात कर अपना जीवन देश की सेवा और गरीबों के कल्याण के लिये समर्पित करें होशंगाबाद जिले में श्रीकृष्ण जन्माभिषेक और उनके दर्शन भक्तों को ऑनलाइन कराए जाएंगे अधिकांश मंदिरों और घार्मिक स्थलों में कोरोना को देखते हुए भीड़ कम रहेगी अधिकतर लोग घरों में ही रहकर श्रीकृष्ण जम्मोत्सव मना रहे हैं सतना बैतूल सहित अन्य जिलों में भी जम्नाष्टमी की धूम है गणेश मूर्ती सतना सतना जिले में इस बार आत्मनिर्भर भारत के तहत महिला स्व सहायत समूह द्वारा गाय के गोबर से गणेश प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं

पत्र सूचना कार्यालय ने एक ट्वीट में इन खबरों को बेबुनियाद बताया है